उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू ने सभी शिक्षण संस्थानों का आहवान किया है कि वो सभी को ग्तवत्ताय्क्त अर्थपूर्ण और सस्ती शिक्षा उपलब्ध करवायें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की है कि है भारत ने आज पृथ्वी की निचली कक्षा में एक उपग्रह को उपग्रहरोधी प्रक्षेपात के जरिये सफलतापूर्वक मार गिराया देश के नाम एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस उपग्रह रोधी प्रक्षेपास्त्र ने तीन मिनट के भीतर उपग्रह को मार गिराया उन्होंने कहा कि ये मिशन शक्ति एक बहत कठिन अभियान था जिसे सफलतापूर्वक प्रा किया गया उन्होंने कहा कि ये क्षमता हासिल करने वाला भारतचौथी अंतरिक्ष शक्ति बन गया है अभी तक केवल अमरीका रूस और चीन को यह उपलिब्ध हासिल थी अब भारत चौथा देश है जिसने आज यह सिद्वि प्राप्त की है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने अपने टीवट में कहा है कि मिशन शक्ति देश के लिये एक महत्वपूर्ण पल है इससे देश के लोगों को शक्तिकरण और स्रक्षा मिलेगी उप राष्ट्रपति एम वैकेया नायड् ने मिशन शक्ति की सफलता के लिये भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई दी है कांग्रेस अध्यक्ष राहल गांधी ने भी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई दी है और कहा है कि वैज्ञानिकों की इस उपलब्धि पर उन्हें बहत गर्व है श्री जेटली ने नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता में कहा कि आज का दिन भारत के लिये ऐतिहासिक दिवस है विशेषकर वैज्ञानिकों के लिये जिन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है जो अभी तक केवल तीन देश ही प्राप्त कर सके है राष्ट्रपति नाथ कोविंद ने कहा है कि मानवता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिये शांति और सुरक्षा महत्वपूर्ण है क्रोएशिया की राजधानी में कल शाम आयोजित भारतीय सम्दाय दवारा एक स्वागत समारोह को सम्बोधित करते हये राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने कहा कि विश्व को उनके विरूदव निर्णायक कार्रवाई करने की जरूरत है जो आतंकवादियो को पनाह और समर्थन देते है राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अपने लोगों को संरक्षण देने और उनके कल्याण के लिये सभी उपाय करेगा इस अवसर पर क्रोएशिया के कलाकारों ने संगीतमय योग समुहगान और राजस्थानी लोक नृत्य पेश किया

लोकपाल संस्था के सभी आठ सदस्यों को आज नई दिल्ली में पदक की शपथ दिलाई गई संस्था के प्रम्ख न्यायामूर्ति पिनाकी चन्द्र घोष ने इन लोगों को शपथ दिलाई

शपथ लेने वालों में पूर्व म्ख्य न्यायाधीश दिलीप बी भौंसले प्रदीप क्मार मोहंती और अभिलाषा कुमारी और पदासीन मुख्य न्यायाधीश में से छतीस गढ़ उच्च न्यायालय के अजय क्मार त्रिपाठी शामिल है

पंजाब और हरियाणा उचच न्यायालय ने एफआईआर में कोई भी नाम के साथ जाति लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया है न्यायालय ने अपने न्यायिक अधिकारियों पंजाब हरियाणा और चंडीगा को निर्देश दिए है कि भविष्य मे किसी भी अभियुक्त या अपराधी के साथ उसकी जाति न लिखी जाये न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और क्लदीप सिह की पीठ ने कहा है कि अपराधिक मामलों में किसी की भी जात के बारे अलग से लिखने पर रोक लगाना जरूरी है पीठ ने कहा कि अपना स्वाभिमान रखना प्रत्येक मानव का हक है ये मामला हरियाणा मे ह्ये एक हत्या के मामले में विचाराधीन हआ जिसमें हरियाणा प्लिस ने तहकीकात के दौरान अभियुक्त और चश्मदीद गवाहों की जात लिखी थी उप राष्ट्रपति एम वैकेंया नायड् ने सभी शिक्षण संस्थानों का आहवान किया है कि वोह सभी को ग्णवता य्क्त अर्थप्र्ण और सस्ती शिक्षा उपलब्ध करवाये उन्होंने शिक्षण संस्थानों को उदयोगों से तालमेल रखने को कहा कि ताकि विदयार्थियों का वैश्विक नौकरी बाज़ार के लिये तैयार किया जा सके श्री नायड् नई दिल्ली मे इंजीनियरिंग और प्रबंधन शिक्षण संस्थानों के प्रस्कार वितरण समारोह में जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि श्रेणी मे रखने से विदयार्थियों और उनके अभिभावकों को संस्थान का प्रा ब्यौरा जानने मे सहायता मिलेगी उन्होंने कहा कि प्रगति के लिये नौजवानों के भागीदारी अति आवश्यक है

श्री रंजन ने चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों की च्नावी तैयारियों को लेकर की गई समीक्षा बैठक के दौरान दी श्री रंजन ने कहा कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के किसी उम्मीदवार की मृत्य् की सूचना यदि मतदान वाले दिन मतदान श्रू होने से पहले मिल जाती है तो मतदान की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया जाएगा उन्होंने कहा कि यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार या किसी अन्य राज्य से मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का उम्मीदवार है तो उस स्थिति में मतदान की प्रक्रिया को स्थगित नहीं किया जाएगा उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग दवारा पहली बार कश्मीरी विस्थापित वोटरों के लिए विशेष स्विधा दी गई है

इसलिए चूनाव डय्टी के दौरान सभी रिटर्निंग अधिकारी व सहायक रिटर्निंग अधिकारी अपने मोबाईल फोन को ऑन रखना स्निश्चित करेंगे ताकि सीविजिल एप पर आने वाली शिकायत पर त्रंत कार्रवाई अमल में लाई जा सके

उन्होंने मतदाताओं से बिना भय और दबाव के अपने वोट के इस्तेमाल की अपील की है वह च्नाव आयोग के अधिकारियों की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ चंडीगढ़ में हई बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे

उन्होंने बताया कि राजीतिक दलों के साथ उनकों द्रदर्शन और आकाशवाणी पर दिए जा रहे समय पर और च्नाव सहिंता पर भी चर्चा हई स्वीप काय्रक्रम के अंतर्गत उपायुक्त और अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिंह मनदीप सिंह बराड़ ने जागरूकता अभियान के बैनर को लांच किया इस अभियान का उद्देश्य हे आने वाले च्नाव कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता अपना पंजीकरण कराये सत्कार उद्योग द्वारा घोषित क्छ नये और उत्साहित प्रे शहर में लागू किये जायेंगे जिसमें बड़े वैनरर्स इत्यादि शामिल है ताकि चुनाव वाले दिन मतदाता अपना वोट का निरीक्षण कर सके अम्बाला के प्लिस अधीक्षक मोहित हाण्डा ने कहा है सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों व प्रबन्धक थाना को निर्देश दिए गए हैं कि वह महिला विरूद्ध होने वाले अपराधों में शीघ्रातिशीघ्र उचित कार्यवाही करें

जिले के सभी एआरओ को अपने अपने क्षेत्र में स्वीप यानी सिस्टेमैटिक वोटर्स एज्केशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सम्बधी विषय पर बेहतर तरीके से जानकारी देने के लिए पहले ही निर्देश दिए जा चूके हैं